कांग्रेस के बागी विधायकों ने कहा वे बंधक नहीं वहीं कांग्रेस ने दोहराया भाजपा के दबाव में हैं विधायक

मामले की सुनवाई कल साढ़े दस बजे होगी न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमन्त गुप्ता की खंडपीठ ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष कमलनाथ सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किये गये सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद भोपाल में बैठकों का दौर जारी हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ के आवास पर आयोजित बैठक में दिग्विजय सिंह और अजय सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए वहीं भाजपा नेता भी बैठक कर अपनी रणनीति बना रहे हैं

उन पर न किसी का दबाव है और न ही उन्हें बंधक बनाया गया है वहीं जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने भोपाल में संवाददाताओं से कहा कि कुछ दिनों पहले तक ये विधायक मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते थे लेकिन अब खिलाफ बोल रहे हैं इसकी वजह साफ है कि विधायकों पर भारतीय जनता पार्टी का दबाव है चौहान बयान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि प्रदेश कांग्रेस सरकार अल्पमत में है और ऐसी स्थिति में उसके पास नीतिगत निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है श्री चौहान ने आज दोपहर बाद नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव भाजपा अध्यक्ष बी डी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह के साथ राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की उन्होंने विभिन्न आयोगों में की जा रही नियुक्तियों पर सवाल उठाये उन्होंने कहा है कि सभी नियुक्तियां असंवैधानिक है वहीं राज्य सरकार ने आज गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी को अनुसूचित जन जाति आयोग और कांग्रेस नेता जे पी धनोपिया को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करने संबंधी आदेश जारी किये इसके पहले शोभा ओझा को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है

उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के तहत धनराशि राज्यों को जारी नहीं की जाती है बल्कि राज्य सरकारों द्वारा बताये गये लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जाती है

श्री मोदी ने संसद के पुस्तकालय भवन में आयोजित पार्टी की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक में यह आहवान किया उन्होंने कहा कि इस वक्त हमें किसी प्रकार की मत भिन्नता प्रकट नहीं करनी चाहिये और पूरी एकजुटता दिखाते हुए काम करना चाहिये

कोरोना प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस संकमण का एक भी पॉजीटिव प्रकरण सामने नहीं आया है हालांकि शासन द्वारा पुरी सतर्कता बरती जा रही है और ऐहतियाती कदम भी उठाये जा रहे हैं देवास जिले के सभी स्टेडियम और खेल परिसरों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है जिले के छात्रावास में रहने वाले छात्रों को उनके घर भेज दिया गया है

मुरैना जिले में एहतियात के तौर पर एक आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है

वहीं शहडोल सीएमएचओ डॉ ओ पी चौधरी ने बताया कि गांव गांव में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है

जबलपुर के दो दिव्यांग शिक्षकों ने मिलकर एक ऐसा वीडियो तैयार किया है जिससे श्रवण बाधित भी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के उपाय जान सकते हैं